राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के लाल किले में नेताजी से संबंधित संग्रहालय का किया उद्घाटन राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप योजना के तहत विभिन्न जिलों और विभागों में कार्य कर रहे इकतालीस फैलोज की सेवाएं की गई समाप्त इकतीस जनवरी से कर दिए जाएंगे कार्यमुक्त

वन अधिकार अधिनियम परिचर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अनुविभाग जिला और राज्य स्तर पर कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर में अनुसूचित जनजाति औरं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम दो हजार छह और इसके संशोधित नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा परिचर्चा का आयोजन किया गया परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से तेरह दिसम्बर दो हजार पांच से पूर्व वन क्षेत्रों में तीन पीढ़ियों और पचहत्तर सालों से रहने वाले नागरिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है उन्होंने इस बात की जरूरत बताई कि इन नियमों का भली भॉति पालन हो और वन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनका अधिकार मिल सकें उन्होंने इसके लिए लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने इस अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राजस्व वन और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तालमेल पर जोर दिया इस परिचर्चा को अनुसूचित जाति और जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह वन मंत्री मोहम्मद अकबर और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी संबोधित किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में अनेक गणमान्य लोगों ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लालकिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय सहित तीन और संग्रहालयों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से संबंधित इन संग्रहालयों का उदघाटन उनके लिये विनयपूर्ण है नेताजी की जयंती पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जगहों पर भी उन्हें श्रद्वांजलि देने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जीएसटी पीठ गठन केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएस टी एटी के राष्ट्रीय पीठ के गठन को स्वीकृति दे दी है आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी फैलोज सेवाएं समाप्त राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप योजना के तहत विभिन्न जिलों और विभागों में कार्य कर रहे इकतालीस फैलोज की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन फैलोज को इकतीस जनवरी से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा इसके लिए सभी कार्यालय प्रमुखों और कलेक्टरों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा फैलोज को अनुभव प्रमाण पत्र देकर उनके कार्य से हटाया जाएगा गौरतलब है कि पिछली सरकार ने आईआईटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर निकले और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुके युवाओं को फेलोशिप योजना के तहत नियुक्तियां दी थी इन युवाओं को मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर सचिवों और सभी जिलो में कलेक्टरों के साथ संलग्न किया गया था इन अधिकारियों को शासकीय योजनाओं की मानटिरिंग का जिम्मा सौंपा गया था इन्हें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को फीडबैक देने का अधिकार भी दिया गया ईव्हीएम निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने दोहराया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है उनका यह बयान ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ पर स्वघोषित साईबर विशेषज्ञ के दावे के परिपेक्ष्य में आया है समिति ने कहा है कि आयोग की ईवीएम मशीनें अपनी किस्म की एकमात्र मशीन हैं केबल के जरिये ईवीएम मशीनों को केवल ईवीएम मशीन के साथ जोड़ा जा सकता है और यह काम पूरी तरह से सार्वजनिक होता है

इस अवसर पर राज्य में युवा मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम रायपुर में होगा इसमें नए मतदाताओं के सम्मान के साथ ही विधानसभा निर्वाचन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केन्द्रों को भी सम्मानित किया जाएगा उन संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया इसके अलावा सोशल मीडिया पर आयोजित मतदाता जागरूकता संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख लोकायुक्त टीपी शर्मा मुख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू करेंगे

इस तरह हादसे कें बाद अब तक कुल दो बच्चों की मौत हो चुकी है जैसे की खबर दी गई थी कल हादसे के बाद ही एक बच्चे की मौत हो गई थी हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की मौत का कारण गंभीर बीमारी बताते हुए हादसे में मौत की खबर से इंकार किया था सिम्म के रेडियोलॉजी विभाग में शॉर्टसर्किट की वजह से कल ओग लग गई थी जिससे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक और आईसीयू में धुंआ भर गया था इस घटना के समय आईसीयू में करीब चालीस बच्चे भर्ती थे जिन्हें तत्काल दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया

घटना के बाद बीती रात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहेदव बिलासपुर पहुंचे थे उन्होंने सिम्स समेत जिन अस्पतालों में बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है वहां बच्चों को देखने पहुंचे माओवादी म्ठभेड़ राजनादगाव जिले के मानपुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने के समाचार मिले हैं हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है घटनास्थल से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और माओवादियों का सामान बरामद हुआ है मुखबिर से बुकमरका के पहाड़ियों में करीब पचास की संख्या में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और स्पेशल टॉस्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त पार्टी आज सुबह इलाके की सर्चिंग पर निकली इस दौरान बुकमरका गाँव से लगे महाराष्ट्र की सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग निकले मौके से तलाशी अभियान में कुकर बम और अन्य विस्फोटकों सहित दैनिक जरूरत की चीजें बरामद की गई हैं इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई हैं पीएससी परिणाम राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी दो हजार सत्रह के नतीजों में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के प्रशांत कृशवाहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये नतीजे कल देर रात जारी किए गए दूसरे स्थान पर कबीरधाम जिले के गौतमचंद पाटिल है वहीं तीसरा स्थान बसना के उमेश कमार पटेल ने प्राप्त किया है टॉप टेन की सूची में तीन महिलाएं रश्मि ठाकुर स्मृति तिवारी और आकांक्षा त्रिपाठी का नाम भी शामिल है पीएससी ने दो हजार सत्रह में दो सौ निन्यानवे पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था मुख्य परीक्षा के बाद कल ही साक्षात्कार खत्म हुए और इसके तुरंत बाद नतीजे जारी कर दिए गए यह नतीजे आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है आयकर छापा रायगढ़ के आरकेटीसी समूह के दस से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई आज दुसरे दिन भी जारी है गौरतलब है कि विभाग के करीब दो सौ अधिकारियों की टीम ने कल आरकेटीसी समूह के रायपुर समेत पचास ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई शुरू की थी इस समूह का स्टील कोयला पावर और फैशन डिजाइनिंग के साथ होटल व्यवसाय का काम है हालांकि अभी तक आयकर विभाग ने इस जांच में जब्त राशि और अन्य संपत्ति के बारे में खुलासा नहीं किया है एनटीपीसी कार्रवाई रायगढ़ स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के रेल कॉरीडोर के निर्माण कार्य के लिए पेड़ों की कटाई के मामले की जांच जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है अनुविभागीय दंडाधिकारी भागवत जायसवाल ने बताया कि इस बारे में शिकायतें मिली थीं और प्रशासन ने इसे संज्ञान में लेकर जांच कर रहा है उन्होंने कहा कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ट्रेन परिचालन संबलपुर रेल मंडल के टिटलागढ़ संबलपुर रेलवे स्टेशन के बीच रखरखाव कार्य की वजह से इस रेल लाईन से होकर गुजरने वाले कुछ ट्रेनों का परिचालन कल तक प्रभावित रहेगा रेलवे से मिली जानकारी को मुताबिक टिटलागढ़ रायपुर और रायपुर विशाखापट्टनम पैंसेजर ट्रेन आज रद्द कर दी गई इसके अलावा कल चौबीस जनवरी को भी रायपुर टिटलागढ़ पैंसेजर ट्रेन नहीं चलेगी

केन्द्रीय स्वच्छता सर्वे टीम ने अंबिकापुर में रियाहशी इलाकों बाजार और तालाबों की साफ सफाई तथा कचरा निष्पादन के तरीकों का निरीक्षण किया